प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्मर भारत योजना की घोषणा की थी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में जानकारी दी बीस लाख करोड रुपए यानी देश के सकल घरेल उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सुक्ष्म लघ और मक्यम उद्यमों श्रमिकों मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड़ रुपए के पन्द्रह विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की यह पैकेज एमएसएमई विद्युत वितरण कंपनियों रियल एस्टेट मध्यम वर्ग करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और एक वर्ष तक इस पर व्याज या मूलधन वापस करने से छूट की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणाओं से उद्योगों खासतौर पर सूक्म लघ् और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा है कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे बाजार में नकदी बढेगी कारोबारी अधिकार मजबूत होंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुदृढ़ होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का श्भारंभ करते हए सुक्ष्म लघ् एवं मध्यम इकाइयों के छप्पन हजार सात सौ चौवन उद्यमियों को दो हजार दो करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए ऑनलाइन मेले की शुरुआत करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के श्रमिक हमारी पूंजी हैं और इन कामगारों के श्रम तथा हनर का उपयोग राज्य को मैन्यफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कई इकाइयों के उत्पादों की मांग पूरे देश और विश्व में है उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाइयां प्रदेश में नए रोजगार सुजित करने में सहायक सिद्व होगी मुख्यमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया रेल मंत्रालय ने बाईस मई से प्रतीक्षा सुची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली अन्य रेलगाडियों में यात्रा के लिए के लिए ये टिकट जारी किये जाएंगे रेलर्वे ने तृतीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये सौ द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये पचास चेयर कार के लिये सौ और प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये बीस सीटें प्रतीक्षा सुची टिकट के लिए निर्धारित की हैं एक्जीक्यूटिव क्लास के लिये भी बीस और शयनयान के लिये दो सौ टिकटों की प्रतीक्षा सूची की सीमा तय की गई है वाईस मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिये पन्द्रह मई से टिकट जारी करने के नियमों में बदलाव लागू होंगे आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है यात्री पन्द्रह मई से प्रतीक्षा सूची के लिये टिकट बुक करा सकेंगे इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए आर ए सी टिकट जारी नहीं होगा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा कि सांस लेने में तकलीफ छींक खांसी और कफ कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के र्जा भी अस्पताल हैं कहां मिलें अपनी जांच कराएं और जांच कराने के अगर कोरोना आता भी है इसमें कोई पैनिक या बहत ज्यादा घबराने की बात नहीं है

प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्घारित दरों पर रोगियों का उपचार करने वाले नर्सिंग होम और पंजीकृत अस्पतालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर पचास प्रतिशत सक्सिडी देने का फैसला किया है सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का पंजीकरण और छह महीने भी बढ़ाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी डॉक्टरों के सहयोग से कोविड नाइन्टीन को आसानी से पराजित किया जा सकता है इस बीच कोरोना वायरस अब राज्य के सभी पचहत्तर जिलों में फैल चुका है हालांकि मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम बनी हुई है विभिन्न मंचों से प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों के खिलाफ सजग करने के प्रयासों के तहत तथ्य जांच करके आपको सही जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया और अन्य ऐप पर पोस्ट की गई एक खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अट्ठारह मई से तीन सप्ताह के लिये पांचवें चरण की योजना तैयार की है यह पोस्ट फर्जी है